प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच दी रेन का श्भारंभ करेंगे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने कहा है कि आगामी रबी खरीद मौसम में किसानों का एक एक दाना खरीदा जायेगा

कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वास न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है

म्ख्यमंत्री ने पलवल जिला के पांच गांवों औरंगाबाद दीघोट भिड्की सौदहंद व खांबी में महाग्राम योजना के तहत सीवर बिछाने व पेयजल आपूर्ति में बढ़ोतरी के कार्यों का शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल विश्व जल दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जल शकित अभियान कैच दी रेन का श्भारंभ करेंगे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में केन बेटवा जिलंक प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किये जायेंगे नदियों को आपस में जोड़ने के लिए यह राष्ट्रीय स्तर की पहली परियोजना है यह अभियान ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कैच दी रेन वेयर इट फाल्स वेन इट फालस थीम से पूरे देश में चलाया जायेगा

लोगों की भागीदारी से इसे ज़मीनी स्तर पर जन आंदोलन के रूप में शुरू किया जायेगा केन्द्रीय पर्यावरण और सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नयी नगर वन योजना शहरों में शहरी वन स्थापित करने में मदद करेगी आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर एक संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह योजना शहरों तथा गांवों के अपने अपने वन क्षेत्र की कमी की भरपाई करेगी उन्होंने भारत की लगभग प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र वन विकसित करने व उनका ख्याल रखने की सदियो से चली आ रही परम्परा का जिक्र भी किया

यह दिन सभी प्रकार के वनों की मनाये महत्ता के बारे में जागरूकता फैलाकर मनाया जाता है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दृष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद के गांव नरियाला में होली मिलन समारोह में कहा कि किसान विरोध के पर विरोध कर रहे है जब किसान की फसल मंडी में जायेगी और उनका एक एक दाना खरीदा जायेगा जब अपने आप किसान समझ जायेंगे कि विरोध करना छोड़ देंगे

उन्होंने किसानों को अपना बताते हये कहा कि हमेश अपनों के बीच ही नाराज़गी और विरोध होते है

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों सीबीआई ने आज उत्तराखंड प्लिस के देहराद्न स्थित पूलिस स्टेशन कैंट पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर को चंडीगढ़ के एक टैक्सी चालक की शिकायत पर एक लाख रूपये की मांगने व लेने पर गिरफ्तार किया गया है शिकायत होने पर रिश्वत मामला दर्ज किया गया कि आरोपी शिकायत कर्ता का प्लिस स्टेशन कैंट देहरादून में एक धोखाधड़ी के मामले में नाम आने पर उसके खिलाफ कार्यवाही न करने पर पांच लाख रूपये की मांग कर रहा था सीबीआई ने चंडीगढ़ में उत्तराखंड के सब इंसपेक्टर को एक लाख रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पड़ लिया आरोपी के देहरादून स्थित दो निवास स्थानों पर छानवीन की जा रही है